प्रदर्शनी स्थल पर आजादी के महानायकों महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों के साथ सैल्फी के लिए सैल्फी जोन की व्यवस्था भी की गयी है

प्रदेश में आज से एक बार फिर व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है

राज्य में सकिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में मौसम में बदलाव आया है आज सुबह बूंदी में हल्की और मध्यम बरसात के साथ धूलभरी हवाएं चलीं वहीं बारा में भी बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई